आईएएस अधिकारी विनोद कुमार को सीईओ बीबीएनडीए का पदभार सौंपा गया है एचएएस अधिकारी डॉ मधु चौधरी को नगर निगम धर्मशाला की अतिरिक्त आयुक्त मोहन दत्त को सचिव राज्य सूचना आयोग शिल्पी बेक्टा को एसडीएम सुजानपुर सुनील वर्मा को एसडीएम धर्मपुर और कृष्ण शर्मा द्वितीय को एसडीएम ठियोग लगाया गया है सरकार ने पांच अधिकारियों को अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा है इसमें प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री डॉ श्रीकांत बाल्दी को हाउसिंग प्रबोध सक्सेना को एचपी सेल्स टैक्स ट्रिब्यूनल और कराधान आयुक्त अजय कुमार शर्मा को पंजीयक सहकारी सभाएं अनुपम कुमार को उप सचिव स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपुर और राकेश कुमार शर्मा को हिमाचल तकनीकी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है

इस संबंध में मुख्य सचिव बीके अग्रवाल ने लिखित आदेश भी जारी कर दिए हैं इन आदेशों के बाद विभागों निगमों बोर्डो विश्वविद्यालयों में तबादलों के लिए संबंधित विभाग के मंत्री और मुख्यमंत्री की मंजूरी आवश्यक होगी

हमारे धर्मशाला प्रतिनिधि के अनुसार हादसे में प्रभावित लोग ऊना के हरोली तहसील के इसपुर गांव से मैकडलोडगंज घूमने आए थे घायलों का उपचार टांडा मैडिकल कॉलेज में चल रहा है

प्रधानमंत्री के दूसरे कार्यकाल में मन की बात की ये दूसरी कड़ी होगी

ज़िला प्रशासन ने कल चम्बा में एक समारोह में कल्याण सिंह को सम्मानित किया इस दौरान विधायक विक्रम जरयाल ने उन्हें शुभकामनाएं दीं और भविष्य में सरकार की ओर से हर संभव मदद का आश्वासन दिया

उन्होंने राजस्व लक्ष्य प्राप्त करने के विभाग के प्रदर्शन पर संतोष जताया और अधिकारियों को सभी स्तरों पर कमियां दूर करने के निर्देश दिए

इसके अलावा राजेन्द्र शर्मा लगातार दूसरी बार महासचिव बने हैं इस अवसर पर बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के महासचिव अजय सिंघानिया ने कहा कि बैडमिंटन खेल को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं